सुरक्षा के किये गये हैं कड़े इंतज़ाम

पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाया जा रहा है ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के लिये सुबह से ही मुस्लिम धर्मावलंबी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान समेत राज्य भर की मस्जिदों ईदगाहों और अन्य स्थलों पर जुटे हैं बकरीद को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुये लोगों से इस त्योहार को मेल जोल आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है आज सावन की आखिरी सोमवारी है सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शिव मंदिरों में भक्तगण भगवान शिव की पूर्जा अर्चना कर रहे हैं राजधानी पटना के विभिन्न शिवालयों सहित सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों को पूजा के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है इस अवसर पर शिवालयों में पूरे दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रूद्राभिषेक किया जायेगा इन स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध भी किये गये हैं मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले सात दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी के साथ ट्रफलाइन बिहार पर केंद्रित हो गयी है जिससे कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है अगले चौबीस घंटे में पछुआ हवा चलने से भारी बारिश हो सकती है इधर पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की ब्रंदाबांदी हुयी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी वर्ग के छात्रों के बोर्ड परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की है देशभर में सीबीएसई ने सभी वर्ग के छात्रों का बोर्ड परीक्षा शुल्क सात सौ पचास रूपये से बढ़ाकर एक हजार पांच सौ रूपये कर दिया है वहीं दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के लिये दसवीं और बारहवीं के परीक्षा शुल्क में चार गुना वृद्धि की गयी है अब एससी एसटी वर्ग के छात्रों को तीन सौ पचास रूपये की जगह बारह सौ रूपये देने होंगे बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिये एससी एसटी छात्रों को तीन सौ रूपये अलग से देने होंगे इससे पहले इनके लिये कोई शुल्क निर्धारित नहीं था सामान्य वर्ग को भी अतिरिक्त विषय के लिये एक सौ पचास रूपये के बजाय अब तीन सौ रूपये देने होंगे वहीं माइग्रेशन फीस भी एक सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन सौ पचास रूपये कर दी गयी है जबकि विदेशों में सीबीएसई स्कूलों में नामंकित छात्रों को दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं के लिए पांच विषयों के लिये दस हजार रुपये अदा करने होंगे जबकि पहले उन्हें इसके लिए पांच हजार रुपये का भूगतान करना होता था उनके लिए बारहवीं कक्षा में एक अतिरिक्त विषय की फीस दो हजार रुपये निर्धारित की गई है जो पहले एक हजार रुपये थी अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शत प्रतिशत द्रष्टि बाधित छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गयी है अतिविशिष्ट पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी गयी है केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि ये पेंशनभोगी हर साल एक अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस वर्ष एक नवंबर से पहले शुरू होगा अब हर वर्ष नवंबर में मौजूदा एक महीने की अवधि के दौरान पेंशन जारी रखने के लिये जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिये दो महीने का समय मिलेगा गौरतलब है कि पेंशन जारी रखने के लिये हर साल इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना जरूरी होता है नई दिल्ली हावड़ा मार्ग पर गया के रास्ते एक सौ साठ किलोमीटर रफ्तार की देश की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दी है पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस रफ्तार को लागू करने से पहले ट्रैक को उस लायक बनाया जा रहा है रेलवे सूत्रों ने बताया कि इस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने के बाद गया के रास्ते दिल्ली से हावड़ा के बीच की दूरी सत्रह घंटे की जगह बारह घंटे में तय होगी लखीसराय जिले में केंद्र सरकार की आरोग्य योजना से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है

जलस्तर में व्रद्धि और पानी में उफान को देखते हुये सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय के निर्देशानुसार रविवार से गंगा में छोटी नावों का परिचालन प्री तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है हालांकि बड़ी नावों के परिचालन पर फिलहाल कोई रोक नहीं है कैमूर पुलिस ने रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का उजागर किया है पुलिस ने जिले के मोहनिया में फर्जी मोहर मेडिकल किट फर्जी आईकार्ड आवेदन प्रपत्र और एक महिला समेत बारह लोगों को गिरफ्तार किया है महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया की ओर से बोधगया में बौद्ध धर्म और पाली भाषा के लिये अध्ययन केंद स्थापति किया जायेगा इस केंद्र में बौद्व अध्ययन और पाली भाषा में छह महीने का कोर्स कराया जायेगा और बाद में इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर डिग्री कोर्स शुरू किया जायेगा पटना के बिहटा सोन नदी के समीप छह लेन पुल के पास स्नान करने के दौरान दो लोगों की डूबने से मौत हो गयी ये दोनों सगे भाई थे इधर पटना के दीघा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक की मौत हो गयी सीवान जिले में मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर से पुलिस ने छापेमारी कर कई आपराधिक मामलों में एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है वहीं जिले में बड़हरिया थाना क्षेत्र के जानी मोड़ के निकट पूलिस ने जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है इधर मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस की टीम ने साउदी अरब सहित कई देशों के डॉलर नोट ट्रॉली बैग के साथ एक सरगना को गिरफ्तार किया है आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि यात्रियों कोल्ड ड्रिंग सहित कई सामग्रियों का उपयोग कर यह गिरोह लोगों को लूटता था सीतामढ़ी में जिला प्रशासन ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है मोतिहारी में संपन्न राज्य स्तरीय सुब्रतों मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताब पर पटना के टीम ने कब्जा जमाया है खेले गये फाइनल मुकाबले में पटना ने मधुबनी को एक शून्य से पराजित किया पटना टीम की ओर से जेवियर मरांडी ने गोल किया पटना की टीम ने तेईस साल के बाद इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है पटना में आयोजित तीसवीं बिहार राज्य सूटिंग चैंपियनशिप के पुरूष वर्ग में सीके चौधरी और महिला स्पर्धा में सौम्या ने स्पर्ण पदक जीता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन सेवन ए साइड रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम अपने ग्रुप में उपविजेता बनी भारतीय टीम में बिहार की श्वेता शाही और स्वीटी कुमारी भी शामिल रहीं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरो को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर पर लिये गये फैसले के दूरगामी परिणाम दिखेंगे तीन सौ सत्तर हटने से आतंक मिटेगा दैनिक जागरण की सुर्खी है जम्मू कश्मीर में हालात शांपिपूर्ण लोगों की मदद में जुटी सेना और प्रशासन प्रभात खबर लिखता है प्रदेश के सभी नौ मेडिकल कॉलेजों में दशहरा तक स्थापित होंगे आई बैंक दैनिक भास्कर ने लिखा है सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा फीस सात सौ पचास रूपये से बढ़ाकर पंद्रह सौ रूपये की आज अखबार का शीर्षक है पेंशन के लिये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सीमा बढ़ी

सुरक्षा के किये गये हैं कड़े इंतज़ाम